संक्रमितों की कल संख्या बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे पहंच गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का आज सुबह रिम्स में निधन हो गया

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी श्री मोदी ने बढ़ते संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कन्टेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया था उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था

रायसीना संवाद की छठी कड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानवजाति तब तक इस महामारी को मात देने में सफल नहीं होगी जब तक विश्व के हर स्थान के लोग इससे उबर न जायें

प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से भूख और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक जूट होकर सहयोग करने को कहा श्री मोदी ने प्रथ्वी के सरक्षण का महत्व उजागर करते हुए कहा कि लोग योजना ए और योजना बी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन प्लेनेट बी विकल्प होना संभव नहीं है कोविड के बढ़ते संकमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है उन्होंने कहा कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार आठ सौ चौबालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर एक हजार तीन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छब्बीस हजार एक सौ अठहत्तर पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार एक सौ पचपन पहुंच गई है कल उनतीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ एकसठ पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची के एक हजार उनचास पूर्वी सिंहभूम के चार सौ चौतीस बोकारो और चतरा में चौरासी चौरासी हजारीबाग में दो सौ नौ धनबाद में एक सौ सत्रह रामगढ़ में इक्कायनबे दुमका में अड़सठ देवघर में पैतालीस और गढ़वा में इकतीस मरीज मिले हैं इधर कोडरमा में नब्बे लातेहार में छप्पन लोहरदगा में बयालीस पाकुड़ में इक्कीस पलामू में इक्यावन और साहेबगंज में उनचास मरीज मिले हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर सतासी दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है झारखंड सरकार ने कोरोना संकमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छटिटयां रदद कर दी है इस संबंध में कल स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है झारखंड सचिवालय में कोरोना के संकमण को रोकने के लिए सरकार ने रोस्टर व्यवस्था लागू की है इसके तहत सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम किया जाएगा बुधवार और ग्रुवार को अवकाश रहने के कारण यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी जानकारी हो कि ॅसचिवालय के कई कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाये गये थे

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल

कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केन्द्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें

श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है श्री भूषण ने बढते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए एडवाइजरी जारी किया है मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शक्ला ने कहा कि जिन व्यक्तियों में बुखार खांसी बदन में दर्द थकावट सुंघने की शक्ति खत्म स्वाद की शक्ति खत्म सांस लेने में कठिनाई दस्त पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई देता है तो निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की दवाओं का सेवन प्रांरभ किया जा सकता है इसमें पैरासीटामोल विटामिन सी टैबलेट सेलिन डॉक्सीसिलीन और जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाए शामिल हैं इसके अलावा एडवायजरी में कहा गया है कि पांच बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें इसके साथ साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें परिवार के हर सदस्य का टेस्ट कराये तथा कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें देशभर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में प्रतिबंधित टीएसपीसी के उग्रवादियों ने आज दो वाहनों में आग लगा दी ये वाहन सीसीएल की आम्रपाली परियोजना से कोयला दुलाई में लगी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के थे यह घटना टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास सड़क पर हई है स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है जानकारी के अनुसार एक दर्जन हथियारबंद नक्सलियों ने अहले सुबह घटना को अंजाम दिया सूचना मिलने तक मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों द्वारा आग बुझाई गई तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का आज सुबह रिम्स में निधन हो गया जानकारी के अनुसार नियल को पिछले महीने तबीयत खराब होने के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया था ट्रामा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था नियल तिर्की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री ने तमिल पुथांड विश् बोहाग विह और मेष संक्रान्ति की भी बधाई दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कामना की कि नया वर्ष हर किसी के जीवन में स्वास्थ्य प्रसन्नता और समृद्धि का वरदान लाये